पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का आज सवेरे कोलकाता में निधन हो गया

उन्हें गुर्दे की बीमारी थी हालत गंभीर होने पर उन्हें मंगलवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था श्री चटर्जी को कल दिल का हल्का दौरा पड़ने पर वेंटीलेटर पर रखा गया अस्पताल के अधिकारी के अनुसार सवेरे करीब सवा आठ बजे उनका निधन हो गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री राजनाथ सिंह विदेश मंत्री स्षमा स्वराज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने श्री चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चटर्जी भारतीय राजनीति के शिखर प्ररूष थे उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत बनाया तथा गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाई प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने श्री चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वह संसदीय परम्परा के एक प्रतिष्ठित ज्ञाता थे उनके सभी राजनैतिक दलों से स्नेहपूर्ण संबंध थे वह कुशल राजनीति के साथ एक अच्छे इंसान भी थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने योगदान से भारतीय संसद की गौरवशाली परम्पराओं को समृद्ध किया उन्होंने हमेशा समाज के गरीब कमजोर तथा उपेक्षित वर्गो के हितों को प्राथमिकता दी उन्होंने कहा कि सांसद और लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर श्री चटर्जी की सेवाओं को हमेशा याद किया जायेगा केन्द्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर में गंगा तट पर बीस जीर्णोद्वारित घाटों का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने गंगा टास्क फोर्स की भी औपचारिक शुरूआत की इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बताया कि क्लीन गंगा से जुड़ी दो सौ चालीस परियोजनाओं में से बड़ी संख्या में परियोजनायें पूरी कर ली गई है उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुंभ दो हजार उन्नीस से पहले कानपुर से इलाहाबाद के बीच गंगा को प्रद्षण मुक्त करने का संकल्प पूरा किया जायेगा उन्होंने कहा कि गंगा से जुड़े कार्यो के लिए केन्द्र सरकार के पास धन की कोइ कमी नहीं है उन्होंने कहा कि लखनऊ से कानपुर के बीच एक्सप्रेस वे बनाया जायेगा जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी चालीस मिनट में तय हो सकेगी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गंगा में गिरने वाले नालों को निर्धारित अवधि में टैप करा दे आगामी पन्द्रह दिसम्बर के बाद कोई भी नाला गंगा में नहीं गिरना चाहिए उन्होंने कहा कि जीवनदायिनी गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने का काम केन्द्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता है श्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना और राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण के अन्तर्गत बीस हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे परियोजना के टैप हो रहे नालों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की

जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा तीन दिन के लिए स्थगित कर दी गई है यात्रा के नोडल अधिकारी अरूण मनहास ने आकाशवाणी को बताया है कि खराब मौसम और स्वतंत्रता दिवस समारोह के सुरक्षा इतंजामों के मद्देनजर यात्रा को तीन दिन के लिए स्थगित किया गया है माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी भारी वर्षा के कारण आज आंशिक रूप से रोक दिया गया पुलिस के मुताबिक एहतियात के तौर पर बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल बन्द कर दी गयी है पुराने मार्ग से यात्रा चल रही है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन और ऊधमपुर जिलों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण यातायात केलिए बन्द कर दिया गया है

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से लगाई गई पांच दिवसीय इस प्रदर्शनी के माध्यम से केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी याजनाओं से जूड़े स्टाल लगाकर उनके बारे में आम जनता को जागरूक किया जायेगा ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके

उच्चतम न्यायालय ने हापुड़ में भीड़ की कथित हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेरठ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को मामले की जांच का निर्देश दिया है और दो सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है भीड़ की हिंसा में एक व्यक्ति गौहत्या के संदेह में मारा गया था और एक पर जोरदार हमला किया गया था पीठ ने घटना में बचे समीउद्दीन की ओर से दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है सर्वोच्च न्यायालय ने हापुड़ जिले के पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिया है कि वे समीउद्दीन को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करें

प्रदेश में हो रही वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है जिससे कृषि क्षेत्र और जन धन की हानि के चलते इन क्षेत्रों में सामान्य जन जोवन प्रभावित हुआ है बीते चाबीस घंटों के दौरान प्रदेश में बाढ़ से दस लोगों की मृत्यु हो गई जिसमें बस्ती में तीन सीतापुर और कन्नौज में दो दो व सोनभद्र बिजनौर तथा बहराइच में एक व्यक्ति की मौत हो गई लखनऊ कानपुर मुरादाबाद मेरठ इलाबाद और देवरिया सहित राज्य के अधिसंख्य क्षेत्रों में तेज वर्षा के कारण तटीय क्षेत्र तेज बाढ़ की चपेट में हैं बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार गंगा नदी में पिछले चौबीस घंटों के दौरान जलस्तर में तीन सेंटीमीटर और यमुना में दो सेंटीमीटर की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है केन और बेतवा का जलस्तर बढ़ने से चम्बल का पानी बढ़ने लगा है जिसके कारण यमूना उफान पर है पीलीभीत में कलरात से शुरू हुई तेज बारिश का क्रम जारी है शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई जिससे स्थानीय स्कूलों में अवकाश रहा बस्ती जनपद में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बाढ़ का पानी कटरिया चांदपुर गौरा खजाची पुरवां सहजोरा पाठक सहित कई गांवों में घुस गया है बाढ़ प्रभावित जनपदों में प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सचेत रहने के निर्देश दिये हैं किसी भी आपदा से निपटने के लिए आरएएफ पुलिस पीएसी और गोताखोरों को तैयार रहने के लिए कहा गया है मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में कन्नौज उन्नाव बदायू शाहजहांपुर सीतापुर लखीमपुर खीरी आगरा फिरोजाबाद सहारनपुर हापुड़ तथा बुलन्दशहर जनपदों सहित आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है आज सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर राज्य में शिव मंदिरों में भक्तों का ताता लगा रहा वाराणसी में कांवड़ यात्रा के चलते यातायात मार्गो में परिवर्तन किया गया है यहां बाबा के दर्शन के लिए पुलिस ने ऑन लाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है इलाहाबाद में शिव मंदिरों में भक्तों का ताता रहा आगरा में इस अवसर पर ऐतिहासिक कैलाश महादेव मेले के अवसर पर स्थानीय सार्वजनिक अवकाश रहा